प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास में योगदान देने वाला हर नागरिक चौकीदार है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि चौकीदार एक भावना है और वो सभी चौकीदार है जो देश के लिये अपना योगदान दे रहे है उन्होंने कहा कि नागकिों दवारा दिये गये टैक्स व गरीबों के हक की प्री निगरानी रखेंगे और इसमें किसी तरह का आंच नहीं आने देंगे प्रधानमंत्री आज शाम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में उपस्थित लोगों में से भी चौकीदार अभियान के तहत संवाद कर रहे है जिसका सीधा प्रसारण वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये प्रे देश में कई जगहों पर किया जा रहा है श्री मोदी ने महात्मा गांधी के ट्रस्टी के सिदवात आदर्श व नजरिये को चौकीदार की भावना से जोड़ने हये कहा कि चोरी करने वाले नहीं बचेंगे और उनके इस अभियान को जबरदस्त समर्थन मिला है उन्होंने कहा कि इस भावना का विस्तार हो रहा है और मतदाता सभी घटनाक्रम को बरीकी से देख रहा है श्री मोदी ने कहा कि सभी अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाये और य्वा दूर की सोच रख कर निर्णय लेते है जिसकी उनहोंने प्रंशसा की प्रधानमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बालाकोट जैसी बड़ी कार्यवाही वो इसी दम पर कर पाये क्योकि उनको सेना की शिक्त पर पूर्ण भरोसा था उन्होंने कहा कि ईमानदार लोगों व इस प्रवृति को प्रोत्साहित करना चाहिए और इस संदर्भ में कर दाताओं की प्रंशसा की

ग्रूग्राम में आयोजित कार्यक्रम मं म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की पंचक्ला में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि चूनाव आयोग को एक शपथ पत्र में सभी प्रतिनिधियों के रूप में काम करूगा वाक्य को भी शामिल किया जाना चाहिए

इससे पहले सरकार ने बैंक आफ बड़ोदा में करीब पांच हजार करोड़ नियोजित करने या फैसला लिया है ये जानकारी देते हये बैंक आफ बड़ोदा ने बताया कि वित मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिये केन्द्र पांच हजार बयालिस करोड़ रूपये का निवेश उन पर करने जा रहा है रक्षा मंत्री निर्मला सीता रमण ने कहा है कि आईटी और सोशल मीडिया के माध्यम से देश तरक्की कर रहा है भाजपा ने सूचना तकनीक के माध्यम से कई जनहित योजनाओं को कम समय में लोगों तक पहंचाने का काम किया है गुरूग्राम में आज रक्षामंत्री ने भारतीय जनता पार्टी को आई टी विंग की बैठक में कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हये कहा कि पार्टी के आई टी सैल को को फर्जी और भ्रामक जानकारियों से लोगों को बचाना चाहिए इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश को सूचना एवं तकनीक ने नया म्काम दिया है जिससे क्छ ही वर्षो में विकास कार्यो में तेज़ी आयी है इससे लोग जागरूक हो हरे है और अपने विचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहंचा रहे है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा है कि उनकी सरकार ने नये भारत के निर्माण के लिये ठोस प्रयास किये वो दिल्ली में एक निजी टी वी चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे श्री मोदी ने कहा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख पिछले वर्षो में बढ़ी है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को विश्व के देशों का साथ मिला है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पक्ष व दृष्टिकोण को विभिन्न वैश्विक मंचों पर बला मिला है जबकि पहले ये पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी द्ष्प्रचार के लिये प्रयोग में लाने का जरिया बनाये जाने की कोशिश हेत् प्रयुक्त किये जाते थे श्रीमोदी ने अपने सम्बोधन में उनकी सरकार द्वारा किये गये उपायों को गिनाया जिसमें भ्रष्टाचार को रोकने काले धन की विदेशों से वापस लाने हेत् उठाये गये कदम शामिल थे प्रधानमंत्री ने बताया कि इस वर्ष से सरकार को सिवटजरलैंड में जाम काले धन के बारे सुचना मिलने लगेगी उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते कहा िक पूर्व सरकार ने विदेशों में काले धन को वापस लाने के लिये कोई उपाय नहीं किये और न ही उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जिन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक से बड़ा ऋण ले रखा था भारतीय अंतरिक्ष अन्सधान संगइन इसरो कल एक आध्निक द्रसंवेदी उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेगा

हमारे संवाददाता को कथन है कि मिशन की सफलता से न केवल इसरो का नाम रौशन होगा बल्कि तकनीकी विशेषताओं में चलते इसरो व भारत की साख में भी वृदवि होगी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं हरियाणा के प्रभारी ग्लाम नबी आजादा ने कहा है कि पार्टी में कोई ग्टबाज़ी नहीं है अब कांग्रेस का पंजा म्ठठी बन च्का है जिससे म्काबला करना भाजपा के बस की बात नहीं है श्री आज़ाद परिवर्तन यात्रा के दौरान फरीदाबाद में कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में हज़ारों लघ् उदयोग बंद हो चुके है और नोटबंदी तथा जीएसटी ने देश को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है श्री आज़ाद ने कहा कि हरियाणा की जनता प्रदेश सरकार से दुखी है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिये सरकार बदलना जरूरी है पूर्व मंत्री महेन्द्र प्रताप ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का सूरजकुंड पहुंचने पर स्वागत किया इस अवसर पर पूर्व म्ख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडा पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर पूर्व सांसद अवतार सिंह भडाना सहित कांग्रेस के अनेक नेता मौजूद थे स्वास्थ्य मंत्री में श्री अनिल विज ने कहा कि इतनी लंबी अवधि के लिये च्नाव आचार संहिता लगने से विकास बाधित होता है

श्री विज ने सुझाव दिया कि जहां चुनाव हो रहा है केवल उस हलके मे नामांकन भरने से लेकर वोट डालने तक आचार सहिता लगनी चाहिए उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस सरे काम नहीं हो सकेंगे डंडियन नैशनल लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मे सांसद चरणजीत सिंह को उपाध्यक्ष निय्क्त किया गया है